प्रदेश के सभी विभागों के अधिकारियों और कर्मचारियों का सम्पूर्ण डॉटा एक अगस्त से होगा ऑनलाइन

बस्तर संभाग में पिछले तीन चार दिनों से हो रही बारिश के चलते इंद्रावती और शबरी नदी खतरे का निशान पार कर गई हैं वहीं शंखिनी डंकिनी सहित मिंगाचल नदी का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है कई गांव टापू में तब्दील हो गए हैं वहीं सुकमा से ओडिशा स्थित मल्कानगिरी मार्ग पर आवागमन भी प्रभावित हुआ है जगदलुपर में बीती रात से हो रही लगातार बारिश के चलते सड़कों और कॉलोनियों में पानी भर गया है जलभराव के चलते राहत और बचाव कार्य युद्ध स्तर पर किया जा रहा है

राज्यपाल मुलाकात प्रदेश की नव नियुक्त राज्यपाल अनुसुईया उइके से आज राजभवन में सर्व आदिवासी समाज के प्रतिनिधिमंडल ने मुलाकात की इस अवसर पर राज्यपाल ने कहा कि वे आदिवासी समाज की भावनाओं और अपेक्षाओं को पूरा करने के लिए सभी प्रयास करेंगी उन्होंने कहा कि माओवादी समस्या के निराकरण के लिए एक कार्यशाला आयोजित की जाए जिसमें अधिकारियों के अलावा आदिवासी समाज के प्रमुखों को भी आमंत्रित किया जाना चाहिए

साथ ही अपने विचार भी साझा करेंगे लोक वाणी कार्यक्रम का प्रसारण हर महीने के दूसरे रविवार को छत्तीसगढ़ स्थित आकाशवाणी के सभी केन्द्रों से सुबह साढ़े दस बजे से दस बजकर पचपन मिनट पर किया जाएगा लोक वाणी के पहले कार्यक्रम का विषय खेती और ग्रामीण विकास रखा गया है जिसका प्रसारण आगामी ग्यारह अगस्त को किया जाएगा इस विषय पर लोग अपनी बात आकाशवाणी रायपुर के फोन नंबर शून्य सात सात एक दो चार तीन शून्य पांच शून्य एक शून्य दो और शून्य तीन पर आगामी दो अगस्त तक दोपहर तीन बजे से चार बजे के बीच रिकॉर्ड करा सकते हैं

इसके लिए राज्य सरकार के वित्त विभाग द्वारा कार्मिक सम्पदा ई कर्मचारी साफ्टवेयर बनाया गया है यह साफ्टवेयर वर्ष दो हजार छह में बनाया गया था लेकिन इसे पूरी तरह सक्रिय नहीं किया गया था अब इसमें नये फीचर जोड़कर नये सिरे से एक अगस्त से लागू किया जा रहा है इस सॉफ्टवेयर के माध्यम से प्रदेश में कर्मचारियों की वास्तविक संख्या देय वेतन भत्ते मासिक और वार्षिक खर्च के अलावा सेवानिवृत होने वाले अधिकारी कर्मचारियों की वास्तविक जानकारी एक क्लिक में मिल सकेगी ट्रेन परिचालन दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे के बिलासपुर रायपुर और दुर्ग गोंदिया कलमना रेलखंडों के बीच आवश्यक कार्य की वजह से एक से इकतीस अगस्त तक रेलगाड़ियों का आवागमन प्रभावित रहेगा इसके अलावा उत्तर पश्चिम रेलवे के जयपुर रेलवे स्टेशन का आधुनिकीकरण और इंटरलॉकिंग का कार्य किया जा रहा है इसके कारण पंद्रह से पच्चीस अगस्त तक इस रेलखंड पर भी ट्रेनों का आवागमन प्रभावित रहेगा अधिकारिक जानकारी के अनुसार बाईस अगस्त को बिलासपुर बीकानेर एक्सप्रेस कोटा बीकानेर कोटा के बीच रद्द रहेगी वहीं पच्चीस अगस्त को बीकानेर पुरी एक्सप्रेस कोटा बीकानेर कोटा के बीच नहीं चलेगी हरेली तिहार हरेली त्यौहार के अवसर पर एक अगस्त को राज्य के सभी जिला जनपद मुख्यालयों और ग्राम पंचायतों में सांस्कृतिक कार्यक्रम और ग्रामीण खेलकूद प्रतियोगिता आयोजित की जाएगी मुख्यमंत्री भूपेश बधेल बिलासपुर जिले में होने वाले कार्यक्रम के मुख्य अतिथि होंगे जिलों में होने वाले कार्यक्रमों के लिए मुख्य अतिथियों की सूची राज्य शासन द्वारा जारी कर दी गई है किसानों के सपनों उम्मीदों और आकांक्षाओं से जुड़े हरेली त्यौहार के अवसर पर मुख्यमंत्री ने अपने शुभकामना संदेश में हरेली को जन जन से जुड़ा त्यौहार बताया है

उच्च शिक्षा विभाग द्वारा जारी आदेश के अनुसार सभी विश्वविद्यालय के कुलसचिव और महाविद्यालय के प्राचार्य को नियमानुसार रिक्त सीटों को भरने की कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए हैं

संक्षिप्त समाचार प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत फसल बीमा कराने की कल इकतीस जुलाई अंतिम तिथि है